कोन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों से नये विचारों के साथ आगे आने को कहा है ताकि देश में जन स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जा सके

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बधाई दी है केन्द्र ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी संभव कदम उठाये जायेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल नई दिल्ली में कोरोना वायरस की रोकथाम और प्रबंधन के लिए आयोजित समीक्षा तथा समन्वय बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में यह आश्वासन दिया बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया डॉक्टर हर्षवर्धन ने संक्रमित रोगी के संपर्क में आये लोगों का पता लगाने सामुदायिक निगरानी अस्पताल प्रबंधन आइसोलेशन वार्ड बनाने और बीमारी के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने जैसी गतिविधियों में विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि भारत में तत्काल कदम उठाये जाने और तालमेल के साथ किये गये प्रयासों से सरकार इस वायरस के फैलाव को रोकने की स्थिति में है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि सद्भावना बिगाड़ने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस की निति अपनायी जायेगी उनकी सरकार हर उस कोशिश या साजिश को नाकाम करेगी जो अशांति उत्पन्न करेगा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने कुछ लोगों द्वारा दिए गए भड़काउ भाषण पर संज्ञान लिया है झारखण्ड पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि उचित समझे जाने पर कार्रवाई की जा सके राज्य में सांप्रदायिक सदभाव और भाईचारे को बाधित करने का प्रयास करने वाले के लिए जीरो टॉलरेंस होगा मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से आग्रह किया है कि वे किसी की भावना को ठेस न पहुंचाए उत्तेजना युक्त भाषण न दें प्रषासन हर उस कोशिश या साजिश को नाकाम करेगी जो अशांति उत्पन्न करेगा मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने जसीडीह में किये जा रहे ब्लास्ट पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का निर्देष दिया उन्होंने देवघर उपायुक्त और झारखण्ड पुलिस को जसीडीह के घोरलास गांव में हो रहे विस्फोट पर निगरानी रखते हए ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने को कहा है वहीं श्री सोरेन ने धनबाद के उपायुक्त को उभरते हुए वैज्ञानिक मोहम्मद रियासल अली को सहायता देने का निर्देष दिया मुख्यमंत्री ने सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त को आसनबनी पंचायत के दो गांवों में फ्लाई एष डस्ट की डंपिंग से ग्रामीणों को हो रही परेषानी से मुक्त करने और मामले की जांच करने का निर्देष दिया है केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाक्र ने कहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर मजबूत है कल रायपुर में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी और भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सँवाद कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने व्यापारियों और उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया उन्होंने बैंकिंग संबंधी लेन देन के लिए लोगों से भीम यू पी आई का इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनायें चला रही है

नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के तैतालिसवें वार्षिक दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि बेहतर परिणामों के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों को मिलकर काम करना होगा देश भर में रंगों का त्योहार होली आज मनाई जा रही है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है कोरोना वायरस के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन में इस बार पारम्परिक होली मिलन समारोह नहीं हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी होली मिलन समारोह में भाग नहीं लेंगे राज्यभर में आज पूरे उमंग और उत्साह के साथ रंगों का त्यौहार होली मनाई जा रही है यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत के आगमन का प्रतीक है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को होली की बधाई दी है इससे पहले कल होलिका दहन को आयोजन किया गया पुलिस ने इस मौके पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्तस नजर रखने का फैसला किया है साथ ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया उपद्रव करने वालों पर पुलिस शख्त कार्रवाई करेगी होली को लेकर खेटी जिले में भी लोगों में उत्साह है यहां शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने को लेकर प्रषासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं अनुमंडल पूलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस ने फ़्लैग मार्च किया इधर होली को लेकर गिरिडीह में प्रषासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने के लिए भी संवोदनषील और अतिसंवेदनषील स्थानों पर दंडाधिकारी के नेतत्व में पुलिस बल की नियुक्ति की गई है गिरिडीह में होली के दिन शराब की बिकी पर रोक लगो दी गई है उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने लोगों से मिलजुलकर होली मनाने की अपील की बोकारो जिले में शॉति व सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाई जा रही है हल्की ठढ़ के बावजूद बच्चों को सुबह से ही रंगों में सराबोर देखा गया उधर पत्रकारों द्वारा आयोजित किए गए होली मिलन समारोह में प्रदेश के मंत्री जगन्नाथ महतो और उपायुक्त मुकेश कुमार ने जमकर होली खेली और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाए दी उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार अच्छे से चले और प्रदेश का विकास हो यही उनकी कामना है होली को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं विभिन्न चौक चौराहों पर काफी संख्या में पुलिस बल के जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है वहीं बिजली व पानी को लेकर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है होली पर सुरक्षा को लेकर सभी थाना में क्यूआरटी की टीम रिजर्व रहेगी जो किसी भी स्थान पर दंगा और हंगामा होने की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचेगी और हड़दंगियों को गिरफ्तार करेगी उधर हजारीबाग में ओल्ड एज होम में रह रहे बूजुर्गो के साथ रेड कास सोसाइटी के सदस्यों ने होली मनाई और उन्हें अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी पेयजल एवं सवच्छता मंत्री मिथिलेष ठाक्र ने कहा है कि लोगों को पेयजल संकट का सामना ना करना पडे इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है उन्होंने यह बातें पश्चिम सिंहभुम जिले की कई पेयजलापुर्ति योजनाओं का निरीक्षण करने के बाद कही